जो दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है बजट में शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगार और शहरी तथा ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार का ये अंतिम बजट है राज्य में इसी वर्ष चुनाव होने है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि मध्यप्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है

साथ ही अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों का वेतन बढ़ाया जाएगा स्वास्थ्य सुविघा को अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश में छह नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंचाई व्यवस्था का काम बेहतर किया है

बजट प्रतिकिया राज्य विधानसभा में आज पेश किये गये बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की मिली जुली प्रतिकियायें सामने आई हैं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इस बजट को चुनावी बजट बताया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि सड़क बिजली पानी के लिए खास ध्यान दिया गया है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि ये बजट जनकल्याण और विकास पर आधारित है श्री आर्य ने इस बजट को चहूंमुखी विकास वाला बताया है वहीं सूक्ष्म लद्यु एवम् उद्यम राज्यमंत्री संजय पाठक ने बजट को स्वास्थ्य शिक्षा और युवाओं की दृष्टि र्से बेहतर बताया है वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इस बजट को अंधकारमय बताया उपचुनाव मतगणना प्रदेश के कोलारस और मुंगावली दो विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है कोलारस और मुंगावली दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है

मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं

बता दें कि दोनों स्थानों पर कांग्रेस विधायकों के निधन के चलते उपचुनाव कराए गए थे कोलारस में कांग्रेस के महेंद्र यादव का भाजपा के देवेंद्र जैन से मुकाबला है वहीं मुंगावली में कांग्रेस के बूजेंद्र यादव के सामने भाजपा की बाई साहब हैं मुंगावली और कोलारस दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है